दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धामा मास्क पहनना व दा गज की दूरी अभी भी जरूरी है

केन्द्र ने किसान आंदाजन का इंसानियत के तौर पर मदद मुहैया करवाने वाली स्वयं सेवी एजेसियों समुहों और व्यक्तियों क्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एवं प्रवर्तन निदेशालय दवारा सम्मन जारी किये जाने से इन्कार किया है

उन्होंने कहा कि किसानों की इस कारवाई के कारण दिल्ली पलिस का भीड़ का काबू करने के लिए आंसू गैस पानी बोछारों और हलके बल का प्रयाण करना पड़ा श्री रेड़डी ने कहा कि किसानों के इस आंद्रास्नन से लामों ओर सरकार दामों का वित्तीय अन्कसान हुआ है हरियाणा क सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज चंडीगढ़ में विकलांग संघ सिरसा संस्था की वेबसाइट का शुभारंभ किया श्री यादव ने कहा कि संस्था दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित है जा प्रदेश के दिव्यांग व्यकितयों का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है इसी उददेश्य के लिए संस्था ने वेबसाइट तैयार की है उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट के माध्यमसे सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी याजनाओं का लाभ उन तक पहंचेगा इसके अलावा वे दिव्यांगजनों की दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं उचचतम व उच्च न्यायालय दवारा दिव्यांगजनों से समबधित जानकारी व कल्याणकारी याजनाओं के आवेदन हेतु ऑन लाइन लिंक प्राप्त कर सकेंगे

उन्होंने बताया कि इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है ताकि किसान समूह बनाकर अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त कर सकें

इन परियाजनाओं की स्थापना के बाद राज्य के बागवानी किसान अपने उत्पादन की अच्छी प्रकार से ग्रेडिंग पैकिंग व मूल्य संवर्धन उपरांत अपने एफपीओ के माघ्यम से देश में भिन्न भिन्न स्थानों एवं व्यापारियों का फसल बेचकर अपनी आय में वृदधि कर सकेंगे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कृषि से सम्बधित सुधारवादी कानून पूरी चर्चा और बहस के बाद संसद में पारित किये गये है किसान आंद्रासन पर विदेशाी लामों और संसथाओं दवारा हाल ही की गई टिप्पणियों पर मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये सुधार बाज़ार में किसानों की पहंच बढ़ायेंगे मंत्रालय ने लागों से अपील की है कि वे ऐसे मुद्दों पर काई टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की प्ष्टि करे और मूद्दे का पूरी तरह समझ लें विदेश मंत्रालय ने कहा कि लागों विशेषकर जानी मानी हस्तियों दवारा साशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए हैशटैग और बयान बाज़ी करना अनुउचित और गैर जिम्मेदाराना है मंत्रालय ने ये यह भी कहा कि देश में बहत कम किसान में इन सुधारों का लेकर कुछ आपतियां है प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हये सरकार ने किसानों प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की है

सरकार की ओर से ख्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र माद्री ने इन कानूनों के अमल का स्थगित करने की पेशकश की है मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ स्वार्थी समूह अपना एजेंडा इन प्रदर्शकनों पर थप्रने का प्रयास कर रहे है ऐसे कुछ आसामाजिक तत्वों दवारा बढ़ावा मिलने के कारण विश्व के कई हिस्सों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का अनादर किया गया है मंत्रालय ने इसे भारत और सभ्य समाज के लिए निराशाजनक बताया है विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्लिस बल हिसंक प्रदर्शनों के साथ् बड़े संयम से निपटा है और सैकड़ों महिलाओं एवं पुलिस कर्मचारियों पर हमले किये गये है तथा कई मामलों में वे गंभीर रूप से घायल हये है

पूलिस प्रवकता अतिरिक्त पूलिस आयुक्त आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरामी की पहचान उत्तरप्रदेश के गांव सीपल स गावर्धन निवासी देवेंद्र के रूप में हई है वह फरीदाबाद की नंगला एनकलेव में रह रहा था प्रछताछ में उसने बताया कि व यह गांजा कप्सी बस अड्डे से किसी अनज़ान व्यक्ति से खरीद कर लाया है